आज नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद महासमुंद लोकसभा सीट से एक कांकेर सीट से दो और राजनांदगांव लोकसभा सीट से पांच उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं इसके बाद अब महासमुंद से तेरह कांकेर से नौ और राजनांदगांव सीट से कुल चौदह उम्मीदवार चुनाव मैदान में है

गौरतलब है कि दूसरे चरण के लिए प्रदेश की तीन लोकसभा सीटों पर अट्ठारह अप्रैल को मतदान होगा इस बीच प्रदेश में तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया अभी जारी है इस चरण में रायपुर सहित दुर्ग बिलासपुर कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ और सरगुजा में तेईस अप्रैल को वोट डाले जाएंगे तीसरे चरण के लिए प्रत्याशी शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं नामांकन भरने की अंतिम तारीख चार अप्रैल है वहीं पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उम्मीदवार आठ अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे जैसी कि खबर दी जा चुकी है पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा सीट में होने वाले चुनाव के लिए नाम वापस लेने के आखिरी दिन कल एक भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया था

पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे सभी चरणों के मतदान के बाद तेईस मई को वोटों की गिनती की जाएगी मतदाता जागरूकता अभियान प्रदेश में चल रहे मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत आज कबीरधाम जिले में मोटरसाइकिल रैली निकालकर लोगों को शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया गया जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पन्नालाल धुर्वे के नेतृत्व में निकाली गई यह रैली कवर्धा से शुरू होकर धरमापुरा ग्राम पंचायत पहुंची जहां जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण की मौजूदगी में मतदान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया वहीं दंतेवाड़ा जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी इलाकों में व्होट पंडुम मनाया जा रहा है इसी कड़ी में कल जिले के मेंडका डोबरा में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं मितानिनों और कॉलेज के विद्यार्थियों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया गया इस दौरान महिलाओं और छात्राओं ने रंगोली बनाकर और दीप जलाकर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया लोकसभा निर्वाचन प्रचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ओडिशा के कोरापुट जिले के जैपुर में चुनावी रैली को सम्बोधित किया

यहां छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से संक्षिप्त मुलाकात के बाद वे ओडिशा के लिए रवाना हुए इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा वहीं भूपेश बघेल ने आज बालोद नगर में रोड शो भी किया सुब्रत साहू निर्वाचन प्रक्रिया प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है श्री साहू ने कल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अध्ययन भ्रमण पर आए राजधानी के तीन महाविद्यालयों के करीब नब्बे विद्यार्थियों को सम्बोधित किया और उन्हें निर्वाचन संबंधी जानकारी दी साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ दिलाई इस दौरान विद्यार्थियों ने मीडिया सेल कॉल सेंटर स्वीप सेंटर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग सेल सोशल मीडिया सेल फोटो प्रदर्शनी सी विजिल नियंत्रण कक्ष सहित अन्य प्रमुख प्रकोष्ठों का अवलोकन किया गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अध्ययन भ्रमण पर अब तक रायपुर और बिलासपुर जिले के लगभग पांच सौ महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने निर्वाचन संचालन प्रक्रिया और गतिविधियों का अवलोकन किया है

निगरानी टीमों द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं पुलिस आबकारी और आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के हर जिले में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है निगरानी टीमों द्वारा जब्त किए गए सामानों में दो हजार लीटर से ज्यादा अवैध शराब के अलावा लैपटाप साड़ी प्रेशर कुकर जैसे सामान भी शामिल हैं

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने अधिकारियों की समिति को आदर्श चुनाव संहिता के मद्देनजर इस मामले की तुरंत समीक्षा करने के निर्देश दिए थे पुलिस महानिदेशक मॉनिटरिंग सेल राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने पुलिसकर्मियों के अनुशासन और उनकी सेवा की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए प्रदेश स्तरीय प्रकोष्ठ बनाया है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होंगे वहीं रायपुर दुर्ग बिलासपुर सरगुजा और बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक इसके सदस्य होंगे यह प्रकोष्ठ पुलिसकर्मियों के अनुशासन में सुधार और कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में काम करेगा आज रायपुर में हुई बैठक में यह तय किया गया कि प्रदेश स्तरीय प्रकोष्ठ के अंतर्गत सभी जिलों में स्थानीय इकाई का गठन किया जाएगा इस इकाई ेके प्रमुख और उनके अधिकारी अपने सभी पुलिस कर्मचारियों से प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे तथा उनकी समस्याओं और मानसिक स्थिति से रूबरू होंगे बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हर जिले में पुलिसकर्भियों की समस्याओं और उनके मानसिक तवान के निराकरण के लिए मुख्यालय में महिला और पुरूष पुलिसकर्मियों के लिए अलग अलग शाखाएं बनाई जाएंगी

इन अनुग्रह शाखाओं में कोई भी पुरूष या महिला पुलिसकर्मी अपनी समस्याओं के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर सकेंगे माओवादी समाचार बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों ने पांच पांच किलो के दो बम बरामद किए हैं हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने सीआरपीएफ के शिविर को निशाना बनाने के इरादे से इन बमों को जमीन के नीचे दबा रखा था लेकिन तलाशी अभियान पर निकले जवानों ने समय रहते इसे बरामद कर निष्क्रिय कर दिया इसी जिले में बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरसगुड़ा के जंगल में सीआरपीएफ और माओवादियों के बीच बीती रात मुठभेड़ की खबर मिली है इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है जिले के पुलिस अधीक्षक गोवर्धन ठाकुर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह मुठभेड़ करीब बीस मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद माओवादी घटनास्थल से भाग खड़े हुए जवानों ने घटनास्थल से माओवादियों के जरूरी सामानों के अलावा बारूदी बम बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं कबीरधाम दुर्घटना कबीरधाम जिले में पुलिस ने भोरमदेव शक्कर कारखाने के पास एक दुर्घटना में घायल चार लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाकर उनकी जान बचाई हमारे संवाददाता ने बताया कि भोरमदेव शक्कर कारखाने के पास आज सुबह दो मोटरसाइकिलों में टक्कर हो गई

दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस कंट्रोल रूम से पुलिस के जवान घटनास्थल की ओर रवाना हुए जिले के पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने बताया कि डायल एक सौ बारह पर मिली जानकारी से ही इन घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया जा सका और इनकी जान बचाई जा सकी

जानकारी के अनुसार यह बच्ची स्लीपर पर चढ़कर पेड़ से तेंद् तोड़ने का प्रयास कर रही थी इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह गिर गई और स्लीपर में दबने से उसकी मौत हो गई

इस दौरान गलत ढंग से पार्किंग किए गए वाहनों पर कार्रवाई की गई